कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये प्रदेश में किये गये चिकित्सा प्रबंधों की विभिन्न जिलों में समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और मथुरा पहुंचे अलीगढ़ में उन्होंने एएमयू जेएन मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को

उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना संदिग्धों के टेस्ट कराये जाये और किसी भी संदिग्ध की जांच में देरी न हो उन्होंने निर्देश दिये कि नदियों के किनारे पेट्रोलिंग की जाये जिससे किसो भी शव को जल समाधि के लिये नदी में न डाला जाये और अधिक जानकारी हमारे लखनऊ संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कैंपस का दौरा किया और कोविड के मरीजों को मिल रहे स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया उन्होंने अलीगढ़ के एकीकृत कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया और वहां मरीजों के लिए किए गए इंतजामों को देखा बाद में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के उप कुलपति और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के साथ शहर भर में और विशेष तौर पर विश्वविद्यालय कैंपस में कोरोना के संक्रमण और टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा की हाल ही में विश्वविद्यालय के कई कर्मचारियों और अध्यापकों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बार विश्वविद्यालय के उप कुलपति से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने और टीकाकरण में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया था सुशील चन्द्रव तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रही है उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है बीमारी छिपाये नहीं बल्कि उपचार कराये

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के नये मामलों में कमी आ रही है

सरकार ने अपने नवीनतम आदेश में कहा है कि कोरोना रोधी टीके के लिए आधार कार्ड और स्थाई निवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है राज्य में अब किराया एग्रीमेंट बिजली बिल बैंक पासब्रक अथवा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिखाकर टीका लगवाया जा सकता है इससे पहले कोविड टीके के लिए आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य था

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है भारत के औषधि महानियंत्रक ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लो हैं ये परीक्षण पांच सौ पच्चीस स्वस्थ वालंटियर्स पर किए जाएंगे परीक्षण के दौरान वालंटियर्स को दोनों टीके लगांए जाएंगे

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर की प्रदेशवासियों को शुभ कामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदश में कहा कि ईद उल फितर का पर्व हम सभी को एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता ह खुशियों का यह त्यौहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है मुख्यमंत्री ने लोगों से आंशिक कोरोना कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने और ईद मनाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने परशुराम जयन्ती की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है

कल प्रदेश में लगभग दो लाख से अधिक खाने के पैकेट वितरित किये गये उन्होंने बताया कि निरन्तर कम्युनिटी किचनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है श्री सहगल ने कहा कि इस महामारी में बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तर प्रदेश वापस आये हैं ऐसे में उनको क्वारेंटीन किये जाने की पूरी व्यवस्था की गई है

उन्होंने बताया कि कल एक हजार से अधिक मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को वितरित की गई

समूह ने कोवैक्सीन टीके की खुराक के बीच के समय में कोई बदलाव नहीं किया है

समूह की सिफारिश के अनुसार गभवती महिलाएं कोई भी कोविड टीका लगवा सकती हैं

ऑक्सीकेयर सिस्टम का उपयोग घरों पृथकवास केन्द्रों कोविड देखभाल केन्द्रों और अस्पतालों में किया जा सकता है समाप्त